विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इंदौर यह सम्मान मिलने पर जनप्रतिनिधियों सफाईकर्मियों और अधिकारियों को बधाई दी है स्वच्छता सर्वेक्षण में गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नबी मुम्बई तीसरे स्थान पर हैं

इसे हर वर्ष सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्य में सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सदभावना की प्रतिज्ञा दिलाई गई टीकमगढ़ ग्ना श्योपूर जिलों में भी सद्भावना दिवस मनाये जाने के समाचार मिले हैं गृह मंत्री डाक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस अवसर पर वल्लभ भवन स्थित उद्यान में सद्भावना और एकता की शपथ दिलाई एनआईए प्रतिकिया केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी के गठन का प्रदेश में भी लोगों ने स्वागत किया है मण्डला के छात्र विपुल द्विवेदी ने इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे एक अच्छा कदम बताया

उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर किसानों को भी लाभान्वित किया जाना चाहिये

प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में आने वाले अधिकांश स्थानों पर बीते चौबीस घंटों के दौरान बारिश हुई इस दौरान गुना जिले में सबसे अधिक बारिश हुई है

शिवपूरी जिले में सिंघ नदी उफान पर आने के कारण अशोकनगर जिले से शिवपुरी जिले का संपर्क दूट गया है वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है होशंगाबाद जिले में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान पर आने के कारण नगरीय क्षेत्र के निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के ठहरने के लिए शिविरों में व्यवस्था की गई है मौसम विमाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अलीराजपुर झाबुआ हरदा खंडवा रतलाम अनूपपुर डिंडौरी छिंदवाड़ा सिवनी मंडला बालाघाट दमोह छतरपुर और धार जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है